मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपूर में कोरोना संकमण स्थिति की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए लॉकडाउन को कारण बंद किए गए ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे धार्मिक और उपासना स्थलों जिनमें सीमित संख्या में श्रद्वालू आते हैं वे अगले महीने की पहली तारीख से खूल सकेंगे इन धर्मस्थलों पर सोशल डिस्टेर्सिंग सहित कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों की पालना करना अनिवार्य होगा शहरों में फिलहाल सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटियों के सुझावों के आधार पर यह निर्णय लिया है

उन्होंने कहा कि ऐसे लोग स्वेच्छा से आवाजाही को सीमित रखे बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं और लक्षण होने पर जांच करवा के चिकित्सकीय परामर्श लें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण से बचाव में जागरूकता के महत्व और इस अभियान की सफलता को देखते हुए यह निर्णय लिया है श्री गहलोत ने कहा कि सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से लोग आगे आकर जुड़ रहे हैं यह अच्छा संकेत है इस तरह के प्रयासों से ही हम प्रदेश में कोरोना का नियंत्रित कर पा रहे है

तीन व्यक्ति अन्य राज्यों के भी संक्रमित मिले है

लॉकडाउन और ग्रीष्मावकाश के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ तथा जयपूर पीठ में आज से नियमित कामकाज होगा प्रत्येक पीठ में एक सौ मामले सुचीबद्ध होंगे लेकिन इनमें नए अत्यावश्यक तथा कोर्ट तारीख के मामले रहेंगे अन्य मामले पक्षेकारों की परस्पर सहमति से सूचीबद्ध हो सकेंगे न्यायालय में वकीलों और पक्षकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति में सूनवाई पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आपत्ति की है और प्रदेश में कोरोना संकमण का खतरा देखते हए वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने की अपील की है उच्च न्यायालय में आज से अधिवक्ता व्यक्गित उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी दलीलें दे सकेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई सिर्फ नए मामलों और सभी वकीलों के वीसी से उपस्थिति हो पाने पर ही होगी नए मामले व्यक्तिगत या ई फाइलिंग के माध्यम से पेश किए जा सकेंगे

कोरोना महामारी को देखते हुए बोर्ड ने सरकार की गाइड लाइन के अनुसार परीक्षा केन्द्रों पर इंतजाम किए हैं

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि लगातार बढ रहे कोरोना संकमण को देखते हुए और ज्यादा सतर्कता तथा सावधानी बरतने की जरूरत है अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस महामारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में आकाशवाणी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय लोग अब वंदे मातरम भारत की उडानों के तहत सीघे टिकट बुक कर सकते है जो अगले महीने की तीन तारीख से निर्घारित है

टिकटों की सीधी बिकी कल शाम से एयर इंडिया की वेबसाइट के माध्यम से शुरू हो गई है भारतीय यात्री सीघे एयर इंडिया के यू ए ई स्थिति कार्यालय या उनके अधिकृत एजेंटों से भी टिकट खरीद सकते हैं टिकटो की बिकी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी यात्रा के इच्छुक लोग दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास की वेबसाइट पर पंजीकृत होने चाहिए

बारिश नहीं होने के कारण सूरज की तपन बरकरार रही